मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित पीटर हॉफ से इस सिटी गैस वितरण प्रोजैक्ट का शुभारम्भ किया इस बीच सांसद अनुराग ठाक्र ने ऊना के प्राकृतिक गैस वितरण सेवा से जुड़ने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये केन्द्र सरकार का आमजन के हित में उठाया गया बड़ा कदम है

मण्डल मिलन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सरकार और संगठन में तालमेल से कार्य करने की जरूरत पर बल दिया है शिमला में आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मण्डल मिलन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के तालमेल से ही सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों को पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकता है

जयराम ठाकुर ने विकास योजनाओं की निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने पर बल दिया ताकि कमियों को अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके

उर्जा मंत्री ने कहा कि सौर उर्जा प्लांट को बिजली बोर्ड के ग्रिड से जोड़कर एक किलोवॉट से प्रतिदिन पांच दशमलव पांच यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है

ये बात आज उन्होंने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरियाला के हलेड़ में जन समूहों को सम्बोधित करते हुए कही इस दौरान उन्होंने परिवहन निगम की बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बस सेवा शुरू हो जाने से इसका लाभ टक्का व कुरियाला पंचायतों के लोगों को मिलेगा वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि उना मंदली लठियाणी पुल की डीपीआर तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से उना व भोटा के बीच की दूरी कम होगी सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में कसौली विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा ये बात उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नारायणी के क्यारूआ गांव में जनसमस्याएं सुनने के दौरान कही उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा साथ ही बेहतर सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी

वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश भर में अहम स्थान हासिल किया है वे आज सोलन जिले के अर्की में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव के दौरान कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बोल रहे थे

जिसका शुभारम्भ कृषि एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकण्डा करेंगे जिला कृषि अधिकारी हेमराज वर्मा ने बताया कि मेले में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और विषयवाद विशेषज्ञ किसानों के साथ कृषि और बागवानी संबंधी समस्याओं पर सीधा संवाद करेंगे उन्होंने बताया कि मेले में सब्सिडी पर पावर टिलर और स्प्रिंकलर खरीदने के लिए स्वीकृति पत्र आबंटित किए जाएंगे नमस्कार